इस दर में निरंतर सुधार हो रहा है

अब रोजाना एक लाख नमूनों की जांच की जा रही है

जबकि पांच हजार से अधिक लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं

मण्डला जिले में कोरोना वायरस संकमण को देखते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी है और साप्ताहिक हाट बाजार अभी नहीं खोले जायेंगे

बिजली बिल राहत राज्य सरकार ने बिजली बिलो के भुगतान में जो रियायत दी है उससे उपभोक्ता राहत महसूस कर रहे हैं कोरोना वायरस के दौरान हुए लॉकडाउन के बाद बिजली के बिलों का भुगतान करने में आम जनता कठिनाई महसूस कर रही थी इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने बिजली बिलों में रियायत देने का निर्णय लिया है

जहाजरानी और रसायन तथा उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज कहा है कि वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण तथा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रसायनों और पैट्रो रसायनों की अनिवार्य सरकारी खरीद की व्यवस्था की गई है जिससे मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलेगा किसान सम्मान निधि केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का प्रदेश में सफलतापूर्वक कियान्वयन किया जा रहा है इस योजना का कियान्वयन करने में आगर मालवा जिला राज्य में दूसरे स्थान पर है

दिल्ली स्थित नाभिकीय औषधि तथा संबद्व विज्ञान संस्थान की प्रयोगशाला ने अपनी सहयोगी कंपनी जैल क्रॉफ्ट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से इस प्रणाली का विकास किया है अल्ट्रा स्वच्छ प्रणाली औद्योगिक व्यवसायिक निजी और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप है

जबलपुर संभागायक्त महेशचन्द्र चौधरी ने निर्देश दिये हैं कि दिव्यांगों की मदद के लिए कांउसलर विशेष शिक्षक चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जाये

भोपाल में भी आज दिनभर बादल छाये रहे और तापमान में गिरावट दर्ज की गई

पिछले चौबीस घण्टों के दौरान शहडोल उज्जैन सागर और होशंगाबाद संभागों के कुछ स्थानो पर हल्की बारिश हुई धार झाबुआ सतना सहित कुछ अन्य जिलों में भी हल्की बारिश से तापमान में कमी आई है मौसम विभाग के अनुसार होशंगाबाद इंदौर उज्जैन और जबलपुर संभागों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकर्ती है जबकि भोपाल रीवा शहडोल सागर ग्वलियर एवं चंबल संभाग के जिलों में कहीं कही वर्षा होने की संभावना है

उन्होंने गेहूं का शीघ्र भण्डारण किये जाने के निर्देश दिये

राजगढ़ में आज जिलास्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई